नामांकन दाखिल करने का सिलसिला कल भी जारी रहेगा आयुष मंत्रालय और विज्ञान औदयौगिक परिषद हर्बल दवाओं के क्षेत्र में शोध और विकास के लिये मिलकर काम करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर सतत विकास और जलवाय् परिवर्तन के क्प्रभावों से पृथ्वी को बचाने के लिये भारत की प्रतिबद्धता दोहराई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वितमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि भारत के म्ख्य न्यायधीश की संस्था सीजेआई को अस्थिर किया जा रहा है एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायधीश के खिलाफ बिना सत्यापन के उत्पीड़न के आरोप लगाये जा रहे है मंत्री ने स्झाव दिया कि झूठ फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए श्री जेटली ने कहा कि उच्चतम न्यायलय की पूर्व कनिष्ठ महिला कर्मचारी दवारा मुख्य न्यायधीश के खिलाफ लगाये गये उत्पीड़न के आरोपों आवश्यक्ता से अधिक को महत्व दिया है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र न्यायपलिका और स्वतंत्र मीडिया दोनों ही जीवंत लोकतंत्र के लिये जरूरी है और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है

इनमें कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना इंडियन नैशनल लोकदल के चौधरी महेन्द्र सिंह चौहान शामिल है

उधर अम्बाला में आज कुमारी शैलजा ने अपना नामांकन दाखिल किया नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने एक जनसभा की और बाद में रोड शो करते हये नामांकन भरने पहंची

ख्द को सोनीपत से प्रत्याशी बनाये जाने पर श्री हडडा ने कहा कि वे पहली बार सांसद का च्नाव नहीं लड़ रहे इससे पहले भी वे सांसद रह च्के है वहीं आज अम्बाला मे इनैलो प्रत्याशी राम पाल बाल्मीकी ने अपना नामांकन पत्रभरा

नामांकन भरने के बाद रामपाल बाल्मीकि ने कहा कि उनका म्काबला किसी से नहीं है वे किसानों मज़दूरों व कमेरा वर्ग के लोगों को लेकर जनता के बीच जायेंगे

भिवानी के महेन्द्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से जन नायक जनता पार्टी के उम्मीदवार स्वाति यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है गौरतलब है भारतीय जनता पार्टी जन नायक पार्टी व लोक तंत्र सुरक्षा पार्टी बसपा गठजोड़ा के उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पहले ही दाखिल किये जा च्केहै हमारे संवाददाता ने बताया कि कांग्रेस व इंडियन नैशनल के उम्मीदवार कल आखिरी दिन अपना नामांकन दाखिल करेंगे

रोहतक से आज इनैलो प्रत्याशी धर्मवीर फौजी ने अपना नामांकन दाखिल किया

पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे स्वर्गीय देवी लाल की नीतियों को लेकर जनता के बीच जा रहे है रोहतक से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने भी नामांकन दाखिल किया

उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज नहीं कर सकी थी उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है रोहतक से बासपा प्रत्याशी किशन लाल पंचाल और कांग्रेस प्रत्याशी दीपेन्द्र हडडा ने भी नामांकन दाखिल कर दिये है

इसके लिये आज नई दिलली में दोनों संगठनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये आय्ष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने इस मौके पर बोलते हये कहा कि पारंपरिक दवाओं के विज्ञानको स्वीकार्य बनाने के लिये बहुअयामी पहुंच अपनाने की जरूरत है आज विश्व पृथ्वी दिवस है

इस वर्ष के विश्व पृथ्वी दिवस का विषय है हमार प्रजातियों की रक्षा करना इसका उददेश्य दुनिया भर में लूप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान देना है इस अवसरपर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने दीर्घकालिक विकास और जलवाय् परिवर्तन के क्प्रभावों से पृथ्वी ग्रह को बचाने के लिये भारत की प्रतिबद्धता दोहाराई है श्री मोदी ने कहा कि लोगों सहित वे धरती मां के सम्मान में अपना सिर झुकाते है उन्होंने कहा कि सदियों से यह महान ग्रह विविधता का घर बना हआ है

कैंटर चालक मौके से फरार हो गया प्लिस ने केंटर को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है उल्लेखनीय है चूनाव के चलते मादक पदार्थो की तस्करी रोकने के लिये प्लिस द्वारा जगह जगह नाके लगाये गये हैजिसमें च्नावों को प्रभावित न किया जा सके

फरीदाबाद से कांग्रेस नेता ललित नागर ने रातो रात उनका टिकट कटने पर रोष जतायाहै उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी दवारा फरीदाबाद से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया था वो नामांकन पत्र दाखिल करने की तैयारियां कर रहे थे जब उनका टिकट काट दिया गया उन्होंने इसे षडंयंत्र बताते हये कहा कि समय आने पर वो उनका ख्लासा करेंगे

आकाशवाणी के समाचार प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले द्विभाषीय लाईव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक स्पीक का विषय है वैश्विक तापमान में वृद्वि और जलवाय् परिवर्तन यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर साढ़े नौ बजे स्ना जा सकता है